मण्डी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत कून से कमलाह वाया टॉरखोल संपर्क सड़क का उदघाटन करने के बाद आज विभिन्न स्थानों पर जनसभा के दौरान उन्होंने ये बात कही इस दौरान महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कमलाह से संधोल वाया बरैहल टॉरखोला के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से पेड़ लगाने और लगाए गए पेड़ों को बचाने के लिए साझा प्रयास करने का आहवान किया है मण्डी जिले के थुनाग में आयोजित चार दिवसीय सराज दीप उत्सव के समापन समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया गोविंद ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए भी सहयोग मांगा इससे पहले उन्होंने उत्सव के समापन अवसर पर निकाली गई भव्य जलेब में हिस्सा लिया और देव कारदारों को नजराने के तौर पर पांच पांच हजार रूपए भेंट किए शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा है कि धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के प्रति प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का दृष्टिकोण निराशाजनक है पालमपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश के हितों का विचार न करके विरोध के लिए विरोध कर रही है शांता कुमार ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल के इतिहास में ऐसा आयोजन किया जा रहा है और इसमें भारत के अलावा विश्व के देशों के निवेशक भी शामिल हो रहे हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल में सबसे बड़ी समस्या शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी की है और ये निवेशक सम्मेलन इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा शांता कुमार ने कांग्रेस नेताओं से विरोध की नीति छोडकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए सहयोग देने का आग्रह किया है मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने लड़कियों को सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण प्रदान करने पर बल दिया है शिमला में आज सक्षम गुडिया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड को शुरूआती तीन महीनों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें सरकार पूरा सहयोग देगी मुख्य सचिव ने बोर्ड को अपने दिशा निर्देश बनाने को कहा ताकि प्रदेश में लड़कियों को सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की जा सके बैठक में बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे भेंट उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र से आज दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय कार्यालय में मुलाकात की

वे आज सोलन में योजना के दूसरे चरण की अभिसरण समिति की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

दिव्यांग विद्यार्थी प्रदेश विश्वविद्यालय के दो प्रतिभाशाली दिव्यांग विद्यार्थियों संवीना जहां और अजय कमार ने जे आर एफ की कठिन परीक्षा पाास कर पीएचडी में दाखिला लिया है संविना जहां हिंदी और अजय कुमार इतिहास में पीएचडी करेंगे विश्वविद्यालय के विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि संवीना जहां शारीरिक दिव्यांग है जबकि अजय कुमार दृष्टिबाधित है